उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है विपक्ष की ओर से किसी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिये अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है इसलिये ओम बिड़ला का निर्विरोध अध्यक्ष च्ना जाना तय है उनके निर्वाचन की औपचारिक घोषणा कल की जायेगी

शपथ लेने वालों में सोनिया गांधी मुलायम सिंह यादव राज्यवर्धन राठोर और मनीष तिवारी शामिल हैं

पार्टी की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अध्यक्ष राहुल गांधी ने अन्य नेताओं के साथ मुलाकात के बाद चौधरी को सदन में पार्टी का नेता बनाने का फैसला लिया है वे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के सरपंचों को वर्षा जल के संचय को लेकर एक पत्र लिखा है ग्रामसभाओं की बैठक इसी संदर्भ में होगी स्वच्छ भारत मिशन के राज्य कार्यक्रम अधिकारी असित गोपाल ने इस संबंध में जिला पंचयातों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे ग्रामसभाओं की बैठक सुनिश्चित करें

मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर प्रछे गये सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि राज्यपाल से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है इसे लेकर सिर्फ मीडिया में ही खबरें आ रही हैं

इस मुलाकात के बाद श्री चौहान ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यमंत्री ने आदिवासियों की सभी मांगें मान ली हैं और उन्हें आदिवासी से जुड़े फर्जी मामले वापस लेने और उनके रहवासी क्षेत्र में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया है

इस दौरान वकीलों ने जबलपुर खंडवा सहित अन्य चुनाव मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों के ज्ञापन सौंपे उन्होंने वकील सुरक्षा कानून जल्द लागू करने की मांग की हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया कि राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने वकीलों को आश्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर जल्द फैसला लिया जायेगा मुख्यमंत्री कमलनाथ से इंस संबंध में उनकी चर्चा हुई है

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले की फौरन सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है गर्मियों की छुट्टी के बाद इस मामलें की विस्तृत सुनवाई की जायेगी

इस कार्यक्रम में वाणिज्यकर मंत्री बुजेन्द्र सिंह राठौर ने नवविवाहितों को आशीर्वाद दिया

सिवनी बालाघाट और बैतूल के महाविद्यालय अब इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होंगे